प्रतिवर्ष तीन मई को यह दिवस मनाया जाता है इस वर्ष के विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय है सूचना से जनकल्याण जो जनहित कार्यो में सूचना के महत्व को दर्शाता है संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरस ने अपने संदेश में सभी सरकारों से कहा है कि वे स्वितंत्र निष्पक्ष और विविध मीडिया को समर्थन देने के हर संभव प्रयास करें उन्होंने कहा कि कई देशों में पत्रकारों और मीडियाकर्मियों को अपना दायित्व निभाते हुए प्रतिबंधों उत्पीड़न नजरबंदी और यहां तक की मौत के खतरे का भी सामना करना पड़ता है

यूनियन का आरोप है कि राज्य सरकार टोकन टैक्स स्पेशल रोड टैक्स माफ करने और वर्किंग कैपिटल की घोषणा पर अमल नहीं कर रही है ऐसे में जब तक इन मुददों पर निर्णय नहीं होता तब तक निजी बस आपरेटर की हड़ताल जारी रहेगी निजी बस आपरेटरों की इस राज्यव्यापी हड़ताल को देखते हए परिवहन निगम ने अधिक सवारी वाले रूटों पर अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला लिया है प्रदेश कोरोना प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफतार लगातार जारी है

मौसम बीते कल प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में बारिश व ओलावृष्टि से पूरा प्रदेश ठंड की चपेट में आ गया है राजधानी शिमला सहित उपरी क्षेत्रों में हुई ओलावृष्टि और निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई मौसम विज्ञान केंद्र ने सात मई तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान जताया है छह मई तक मैदानी व मध्यपर्वतीय क्षेत्रों में अंधड़ ओलावृष्टि व बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है वहीं उच्च पर्वतीय जिला किन्नौर व लाहौल स्पीति में बर्फबारी के आसार हैं एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने कोविड महामारी से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है निजी अस्पताल ने कोरोना मरीज को मृत बताकर परिवार वालों को थमा दिया किसी और का शव दिव्य हिमाचल लिखता है सोलन में महामारी के बीच बड़ी लापरवाही शमशान में चूक का पता चलने पर गुस्साए परिजन आपका फैसला के शब्द हैं निजी अस्पताल का कारनामा जिंदा व्यक्ति को घोषित किया मृत

अमर उजाला ने खबर दी है वेंटिलेटर स्पोर्ट न मिलने से कोरोना संक्रमित भाजपा नेता ने तोड़ दम इसी समाचार पत्र के मुताबिक आईजीएमसी में तीन कोरोना मरीजों का ऑक्सीजन स्तर घटा मचा हड़कंप दैनिक भास्कर लिखता है हिमाचल में सीमेंट कंपनियां करेंगी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन एक दिन में मिलेगी काम करने की मंजूरी पंजाब केसरी की एक खबर है प्रदेश में आज से निजी बसों की हड़ताल परिवहन निगम अतिरिक्त बसें चलाएगा

आपका फैसला के अनुसार निजी बस ऑपरेटर यूनियन की सरकार के साथ बातचीत बेनतीजा आज से हड़ताल